प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा योद्धा प्रस्तक नमो एप्प पर उपलब्ध छात्रों को यह पुस्तक परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहने के लिए करेगी प्रेरित

शुरुआत कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 होली संदेश राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को रंगों के त्यौहार होली की श्भकामनायें दी हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संदेश में कहा है कि लोग दिये गये निर्देश के अनुसार अपने घरों में सरुक्षित ढंग से होली मनाये और भीड़ में जाने से बचे होली रंगो के त्योहार होली की खुमारी हजारीबाग में चरम पर दिखी आज सुबह से ही बच्चे उत्साह से होली मना रहे हैं विशेष रूप से युवकों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया इधर पूर्व मंत्री और सांसद जयंत सिन्हा ने लोगों को सुरक्षित होली मनाने का संदेश दिया है उन्होंने लोगों को होली की बधाई दी साथ ही कहा कि कोरोना को देखते हुए लोग सुरक्षित तरीके से होली खेले

पूर्वी सिंहभूम जिले में होली का त्योहार हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार अपने घरों में ही लोग होली खेल रहे हैं दिन में सड़के विरान रहीं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के निवास स्थान बिष्टुपुर में होली बड़े उत्साह उमंग और अनुशासित ढंग से मनाया जा रहा है इस अवसर पर विधायक सरयू राय ने कहा कि होली उल्लास उमंग का त्यौहार है कोरोना के कारण आज यह प्रशासन के नियंत्रण में है

जामताड़ा जिले में सरकारी निर्देशों का अनुपालन करते हुए रंगों का त्योहार होली मनाया जा रहा है लोगों ने भीड़ से परहेज करते हुए अपने अपने घरों में होली मनाना बेहतर समझा जामताड़ा शहर के मुख्य चौक चौराहों पर वीरानी छाई रही इसके बावजूद बच्चों में होली को लेकर उत्साह उमंग का माहौल है खूँटी जिले के शहरी इलाकों में जिला प्रशासन के आदेश के बाद लोग अपने अपने घरों में होली मनाते देखे गए महिलाओं ने भगवान श्रीकृष्ण को भोग लगाया और घर में दीया जलाकर विशेष पूजा की यहां होली के अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण को पलाश और सखुवा फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है सरकारी गाइडलाइन के कारण सड़कों में भीड़ नहीं रही बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी छोटे छोटे समूह में होली मनायी रामगढ जिले में लोग अभी भी प्राकृतिक रंगों से होली खेलते हैं यहां ज्यादातर लोग पलाश के फूलों से रंग बनाकर एक दूसरे को लगाते हैं एक ग्रामीण ने बताया कि पलाश का पेड़ उनके इलाके में बेहत ज्यादा पाया जाता है और इससे रंग बनाने की परंपरा को आज भी वे निभाते हैं

अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि होली सामाजिक सदभाव का त्योहार है जो लोगों के जीवन में उल्लास प्रसन्नता और आशा का संचार करता है राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि यह त्योहार राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत करेगा जो कि भारत की सांस्कृतिक विविधता के लिए महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि आनंद उमंग हर्ष और उल्लास का यह पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नये जोश का संचार करें

एक ट्वीट में श्री नायडू ने आशा व्यक्त की कि होली का त्योहार लोगों के जीवन में प्रसन्नता बेहतर स्वास्थ और समृद्धि लेकर आएगा

अमरीका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों को होली की श्भकामनाएं दी हैं अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा कि पूरे विश्व में कई धर्मों को मानने वार्ले लोग एकत्र होकर होली का त्योहार मनाते हैं और हर किसी को यह याद रखना चाहिए कि हमें जोड़ने वाला हमारे मतभेदों से अधिक बड़ा है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को होली के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं ट्वीटर पर अपने संदेश में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हिंदू समुदाय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सभी लोगों को इस अवसर पर श्भकामनाएं दीं

यह हर जगह सुलभ रहने के साथ ऑनलाइन और परीक्षा वारियर्स मॉड्यूल नमो ऐप पर भी उपलब्ध है श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि पुस्तक के नए संस्करण को छात्रों अभिभावकों और शिक्षकों की मूल्यवान जानकारी के साथ समृद्ध किया गया है उन्होंने कहा कि यह पुस्तक परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहने के लिए प्रेरित करेगी और इससे छात्रों तथा अभिभावकों के बीच संवाद बढ़ेगा

इसके बाद से अबतक गोवा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां शत प्रतिशत ग्रामीण घरों में पाइप से पीने का पानी मिल रहा है जल जीवन मिशन को राज्यों के सहयोग से लागू किया जा रहा है और इसका उद्देश्य नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता का पेयजल पर्याप्त मात्र में उपलब्ध करवाना है

रांची कोविड राजधानी रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है

कल तीन कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई इनमें एक एक व्यकित धनबाद पूर्वी सिंहभूम और रांची जिले के हैं इधर रांची में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन एक बार फिर सकिय हो गया है अब कोरोना के बिना लक्षण वाले मरीजों को खेलगांव में रखा जाएगा उपायुक्त छवि रंजन ने सिविल सर्जन से कहा कि खेलगांव में एसिंप्टोमैटिक मरीजों को रखने के लिए जरूरी तैयारी कर लें

जबकि एक की हालत गंभीर बनी हई है पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया इधर हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक को आज तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी जिससे युवक की अस्पताल ले जाने के कम में मौत हो गयी कार चालक कार लेकर भाग निकला पुलिस मामले की छानबीन कर रही है